शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जो पेरिस समझौते के तहत निर्धारित पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी दुनिया में अग्रणी है उन्होंने कहा कि विश्व भारती के लिए गुरुदेव की दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के विचार का सार है प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व कल्याण का रास्ता आत्मनिर्भर भारत के विचार से ही गुजरता

इसके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदण्डों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए आज सुशासन दिवस मनाया गया भोपाल में सरकारी कार्यालयों ओर संस्थानों में कर्मचारियों और अधिकारियों ने सुशासन दिवस की शपथ ली जबलप्र होशंगाबाद और आगर मालवा जिले में भी कर्मचारियों ने सुशासन की शपथ ली

मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है हालांकि राजधानी भोपाल में तेज धप के कारण तापमान में वृद्धि हई है दिन का तापमान सामान्य से तीन डिग्री ज्यादा अट्ठाइस दशमलव तीन तक पहुंच गया जबलप्र संवाददाता ने बताया है कि लगातार पांच दिनों से चल रही शीतलहर के कारण ठंड से शहरवासी हलाकान हैं उत्तर से आ रही हवा की गति रुकने से जिले में फिलहाल दिन और रात का तापमान बढ़ा है

मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिन में हल्की बारिश की संभावना भी जताई ै है